मोदी आचार संहिता चनाव आयोग ने मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है आयोग ने यह फैसला इस मामले पर बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से चुनाव के समय सत्तारुढ़ दल के लिए निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है भारत ने बुधवार को असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उपग्रहभेदी मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने एक उपग्रह को मार गिराया था प्रधानमंत्री ने इस सफलता के बाद राष्ट्र को संबोधित किया था कई विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के संबोधन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों सहित लोकसभा निर्वाचन में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार प्रसार के लिये इको फ्रेण्डली प्रचार सामग्री का उपयोग करने को कहा है आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोग ने प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग नहीं करने की सलाह देते हुये कहा है कि प्लास्टिक से बनी सामग्री मानव और पर्यावरण हित में नहीं है भाजपा सूची भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये मध्यप्रदेश से तीन और नाम घोषित किये गये हैं पार्टी ने राजगढ़ सीट से मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर ही दोबारा दांव खेला है बालाघाट से सांसद बोध सिंह भगत के स्थान पर इस बार ढाल सिंह बिसेन को मौका दिया गया है वहीं खरगोन से भी सांसद सुभाष पटेल का टिकट काट कर यहां से गजेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है

इसमें पांच मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए थे वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट बदल दी गई थी

इनमें भोपाल इंदौर और विदिशा जैसी हाईप्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं इसके अलावा रतलाम छिंदवाड़ा ग्वालियर गुना सागर देवास धार और खजुराहो पर भी पार्टी अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है कांताराव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांता राव ने कहा है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष सुगम नैतिक विश्वसनीय और समावेशी तरीके से संपन्न कराया जायेगा कल भोपाल में आयोजित जिला निर्वाचन रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री कांताराव ने यह बात कहीं उन्होंने कहा कि निर्वाचन में दिव्यांगजन और महिलाओं को दिक्कत नहीं हो इसके लिये सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें उन्होंने आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश दिये ब्याज दर केन्द्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर यथावत रखा है लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्र पर आठ प्रतिशत और किसान विकास पत्र पर सात दशमलव सात प्रतिशत की दर बरकरार रखी गयी है

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच वर्ष की बचत योजना पर ब्याज दर आठ दशमलव सात प्रतिशत और बचत खातों पर चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दी जाएगी

अदालत ने कहा है कि उसकी जमानत से गवाहों की जान को खतरा है और उसके अदालत में पेश न होने की आशंका है

भारत की ओर से तीन सदस्यीय सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का एक दल मौजूद था इस दल ने अदालत को इस मामले से सम्बद्ध कुछ नये साक्ष्य पेश किए मतदाता जागरूकता ट्रेन लोकसभा निर्वाचन में मतदाता जागरूकता के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय रेलवे के सहयोग से सभी आईकॉन्स के फोटो और उनके लिखित संदेशों से सुसज्जित ट्रेन केरला एक्सप्रेस कल देर शाम भोपाल स्टेशन पहुंची जहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने हरी झण्डी दिखाकर इसको रवाना किया दरअसल निर्वाचन आयोग और रेलवे लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के एक हिस्से को रूप में लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है इन ट्रेनों में मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्पलाइन नम्बर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित किया गया है विधायक इस्तीफा धार जिले के धरमप्री से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा के इस्तीफे की पेशकश से प्रदेश के राजनीतिक हलचल और अटकलों का दौर उस समय थम गया जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के आश्वासन पर श्री मेड़ा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया मुख्यमंत्री ने श्री मेड़ा को भरोसा दिलाया है कि शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाई की जायेगी बताया जा रहा है कि श्री मेड़ा अपने क्षेत्र में शराब माफियों पर कार्यवाई नहीं होने से दुखी थे विधायक का आरोप है कि एक स्कूल के पास बनी दो शराब की दुकानों को हटाने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाई नहीं हुई हॉकी मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम छह बजकर पांच मिनट से होगा आज ही मलेशिया और कनाडा तीसरे और चौथे स्थान के लिए तथा पोलैंड और जापान पांचवें और छठे स्थान के लिए खेलेंगे कल अपने अंतिम लीग मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोलैंड को दस गोल से हरा दिया पोलैंड की टीम कोई गोल नहीं कर सकी मनदीप सिंह सात गोल के साथ प्रतियोगिता में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं

भारत यह प्रतियोगिता पांच बार जीत चुका है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में कल रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रायल्स को पांच विकेट से हरा दिया

आज किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला मुंबई इंडियन्स से चंडीगढ़ में शाम चार बजे और डेल्ही कैपिटल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से दिल्ली में रात आठ बजे होगा

प्रदेश में अप्रैल मई महीने की तरह गर्मी पड़ने लगी है हालाकिं सुबह और रात में फिलहाल गर्मी से राहत है

रात के तापमान में भी बढ़ौतरी दर्ज की गई मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि दक्षिणी मध्यप्रदेश में ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से रातधानी भोपाल के तापमान में लगातार ईजाफा हो रहा है वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना भी है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन में बांदल छा सकते हैं और तापमान में गिरावट भी हो सकती है

वहीं भोपाल जबलप्र रीवा और शहडोल से संभागों के जिलों में सामान्य तथा शेष संभागों में सामान्य से अधिक रहे मौसम विभाग ने कल दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है